कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी

हाथ और मुंह साफ रखें कभ गाइडलाइस केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं मेले में शामिल होने के इच्छ्क सभी श्रद्वाल्ओं को उत्तराखंड सरकार के पास अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा

एसओपी में कहा गया है कि क्ंभ में केवल उन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों की इयूटी लगाई जाएगी जिनको कोविड वैक्सीन लगाई जा च्की है गाइडलाइन के अन्सार कृंभ मेले में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा राज्य सरकार सस्ती दरों पर मेले में मास्क उपलब्ध कराएगी बिना मास्क पकड़े जाने पर राज्य सरकार की एजेंसियां नियमान्सार जुर्माना लगाएंगी

सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर चलना होगा क्ंभ मेला स्थल पर कहीं भी थ्रकना प्रतिबंधित होगा सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेत् एप इंस्टॉल करना भी अनिवार्य किया गया है मेले में आने वाले श्रद्वाल्ओं के लिए हरिदवार रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है विभिन्न मार्गों से कई विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी

पीएम बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया जिसमें उत्तराखंड के अन्राग रमोला भी शामिल थे मूल रूप से टिहरी जिले के रहने वाले अन्राग रमोला चित्रकार हैं

उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है भारत सरकार नवाचार शिक्षा उपलब्धि खेल कला तथा संस्कृति सामाजिक सेवा और बहादूरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार के तहत बाल शक्ति प्रस्कार प्रदान करती है

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि म्ख्यमंत्री उत्कृष्टता और स्शासन प्रस्कार का उद्देश्य अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित करना है जिससे अन्य लोग भी प्रेरणा लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने औली में ने जगह जगह पर बिखरे प्लास्टिक और क्ड़े को उठाकर डस्टबिन में डाल कर पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया विधानसभा अध्यक्ष ने पर्यटकों का आहवान करते हए कहा कि औली की संदरता का लुफ्त उठाए लेकिन प्रकृति को स्वच्छ और स्रक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभाए विधानसभा अध्यक्ष चमोली जिले के भ्रमण पर हैं इससे पहले कल उन्होंने गोपेश्वर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की कर जिले में कोरोना के मामलों और बर्ड फ़्लू पर जानकारी ली पत्रकारों से बातचीत में विधानसभाध्यक्ष ने बताया कि उनके भ्रमण का म्ख्य उद्देश्य गैरसैंण में होने वाला बजट सत्र है उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद पहली बार बजट सत्र गैरसैंण में होगा जिसकी तैयारियों का वो जायजा लेंगे

राष्ट्रपति का संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और द्रदर्शन के सभी चैनलों से हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद द्रदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात साढे नौ बजे से किया जाएगा मख्य सचिव शपथ म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने मत का प्रयोग करे आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उन्होंनेसचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलायी मुख्य सचिव ने कहा कि इस शपथ का हर नागरिक को पालन करना चाहिए उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की थीम और वार्षिक कैलेण्डर का भी विमोचन किया इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता दिवस के अवसर पर इलैक्ट्रॉनिक इलैक्टोरल फोटो पहचान पत्र शुरू किया गया है इसे डाउनलोड कर डिजिटल लॉकर जैसे माध्यमों में स्रक्षित रखा जा सकेगा मतदाता दिवस हरिदवार हरिद्वार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई रैली में राष्ट्रीय कैडेट कोर सहित कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रे जिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कलेक्ट्रेट में सभी कार्मिकों और पहली बार मतदाता बनें य्वाओं को शपथ दिलाई जिलाधिकारी ने बताया कि नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह कैंप लगाकर नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करें मतदाता दिवस चमोली चमोली जिला क्लेक्ट्रेट प्रांगण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल क्मार चन्याल और विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पाण्डे ने सभी मतदाताओं को शपथ दिलवाई साथ ही नये मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र और बैच पहनाकर सम्मानित किया गया इसके अलावा वर्चअल माध्यम से जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता और मतदान का रिहर्सल जैसे विभिन्न कार्यक्रम हए

इस अवसर पर बच्चों ने मतदाता जागरूकता संबंधित गीत न्क्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्त्त किये जिलाधिकारी ने कहा कि कुशल प्रतिनिधि के चयन के लिए आम जनता का दायित्व है कि वे शत प्रतिशत अपने मताधिकार का प्रयोग करें अल्मोड़ा में जिले के स्कूलों उच्च शिक्षण संस्थानों तहसील कार्यालयों और अन्य सभी कार्यालयों में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये गए शिक्षण संस्थानों में वर्चअल माध्यम से निबन्ध भाषण पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताएं हईं उधर बागेश्वर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाने के साथ ही नये युवा मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराये गयें सांसद अजय टम्टा सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि समय पर निर्माण कार्य प्रा न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा बागेश्वर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सांसद टम्टा ने कहा कि मनरेगा के तहत सभी का समतुल्य विकास कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं जाएं उन्होंने निर्देश दिये कि जो भी कार्य मनरेगा योजना से किए जा रहे हैं उन कार्यों को समय से पूरा किया जाए और मनरेगा में लगाए गए श्रमिकों का भ्गतान नियमान्सार किया जाए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहंचे यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए सांसद ने बीएसएनल की समीक्षा करते हुए जिले में संचार व्यवस्था की जानकारी ली और द्रस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिये

राज्य कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया है